मोदी जन्मदिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज अपना अड़सठवा जन्मदिन अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्कूली बच्चों के साथ मना रहे हैं नरूर के एक स्कूल में बच्चों से बातचीत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी बहुत जरूरी है विश्वकर्मा दिवस की शुभकामनाये देते हुए श्री मोदी ने कहा कि अलग अलग कौशल सीखना बेहद जरूरी है ये हमेशा हमारे काम आते हैं श्री मोदी ने बच्चों से विभिन्न विषयों पर बातचीत की और उनके सवालों के जवाब दिये

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस से पण्डित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती तक पूरे प्रदेश में सामाजिक सहयोग से सेवा के कार्य निरंतर किये जायेंगे मुख्यमंत्री आज भोपाल के शासकीय शासकीय मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय में रक्तदान शिविर और यातायात उद्यान में पौधरोपण कार्यकम में शामिल हुए इस दौरान श्री चौहान ने कहा कि रक्तदान जीवनदान है उन्होंने रक्तदाताओं को दूसरों को जीवन देने के लिए बधाई दी राहल गाँधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गाँधी ने आज भोपाल में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ने जो वादे किये वे न केन्द्र में पूरे हुए और न ही मध्यप्रदेश में श्री गांधी आज एक दिन के प्रदेश दौरे पर भोपाल आये थे जहां उन्होंने भेल दशहरा मैदान में संवाद के माध्यम से आगामी विधानसभा चुनाव के पहले पार्टी की तैयारियों का आगाज किया प्रदेश भर से आये पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए श्री गांधी ने कहा कि जनता बदलाव चाहती है इसके लिए कांग्रेस को एकजुट होना होगा

भोपाल विमानतल पर पहुंचने पर श्री गांधी का प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ सांसद ज्यातिरादित्य सिंधिया और पार्टी के अन्य नेताओं ने स्वागत किया कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद श्री गांधी की यह पहली भोपाल यात्रा है शाला सिद्वि प्रदेश में स्कूली विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए पिछले वर्षों में राष्ट्रीय और राज्यस्तर पर ठोस प्रयास किये गये हैं इसी श्रंखला में प्रदेश की पच्चीस हजार शालाओं में शाला सिद्धि हमारी शाला ऐसी हो कार्यकम लागू किया गया है इस कार्यकम के जरिए विद्यार्थियों को अच्छे वातावरण में बेहतर तरीके से सीखने के अवसर भिल रहे हैं योजना का विस्तार अब बारह हजार नई सरकारी शालाओं में करने का कार्यकम तैयार कर दिया गया है स्कूल शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों को कार्यकम की सतत मॉनीटरिंग करने के निर्देश दिये हैं प्रदेश के सरकारी शालाओं में आईआईटी मुंबई के सहयोग से शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए खेल प्रोजेक्ट लागू किया गया है इसके माध्यम से कक्षा पहली से तीसरी तक के लिए विभिन्न विषयों पर केन्द्रित चार्ट और कार्यक्रम तैयार किये गये हैं जिससे खेल खेल में बच्चे विभिन्न विषयों के बारे में जान सकें

भोपाल के नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दस श्रेणियों में चौबीस विजेताओं को ये प्रस्कार देंगे इनमें सूचना प्रोद्योगिकी के उपयोग द्वारा नागरिक सेवा मे सुधार साफ्टवेयर डेवलपमेण्ट लाइफ साइकिल का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण सूचना प्रोद्योगिकी के अभिनव प्रयोग के माध्यम से कार्यान्वित सर्वश्रेष्ठ परियोजना मोबाइल गवर्नेन्स श्रेष्ठ ई शासित जिला सर्वश्रेष्ठ नागरिक सुविधा केन्द्र और सूचना प्रोद्योगिकी में हिन्दी का प्रचार शामिल है

कॉलेज में साढ़े सात सौ बिस्तरों का अस्पताल है यहां गंभीर मरीजों के उपचार के लिए अत्याध्रनिक सुविधाओं से लैस गहन चिकित्सा इकाइयां हैं इन इकाइयों में दस चिकित्सक चौबीस घण्टे अपनी सेवायें देंगे विदिशा मेडीकल कालेज के लिए मेडीकल कांउसिल आफ इण्डिया द्वारा डेढ़ सौ प्रवेश क्षमता के साथ चिकित्सा महाविद्यालय शुरू करने की अनुमति दी गई है पहले बैच के छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर ली गई है विदिशा में मेडीकल कॉलेज शुरू होने से विदिशा के साथ ही अशोकनगर रायसेन गंजबासौदा सिरोंज लटेरी गुना और बीना के गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को भी बेहतर इलाज की सुविधा आसानी से मिल सकेगी निर्वाचन व्यय आगामी विधानसभा निर्वाचन के लिए निर्वाचन व्यय निगरानी से संबंधित जिलास्तरीय नोडल अधिकारियों की एक दिवसीय कार्यशाला आज भोपाल के प्रशासन अकादमी में संपन्न हुई इस दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वी एल कान्ताराव ने कहा कि प्रदेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में धन बल के दुरूपयोग को रोका जायेगा निर्वाचन व्यय निगरानी से गैरकानूनी तरीकों र्स चुनाव परिणाम को प्रभावित करने वालों पर अंकृश लगाया जायेगा श्री राव ने कहा कि आम जनता का चुनाव प्रणाली पर विश्वास बनाये रखने के लिए जरूरी है कि सभी उम्मीद्वारों को चुनाव लड़ने के समान अवसर मिले निर्वाचन व्यय निगरानी के लिए बारह एजेंसियों के कार्यो की निरंतर समीक्षा की जा रही है

इन स्कूलों के चार सौ विद्यार्थियों को दो साल में सामाजिक मूल्य अनुशासन व्यक्तिगत विकास के साथ कानून की महत्ता जैसे विषयों पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा

विश्वकर्मा जयंती प्रदेशभर में आज विश्वकर्मा जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई इस अवसर पर प्रदेश में भी अनेक कार्यक्रम आयोजित किये गये हमारे खण्डवा संवाददाता ने बताया है कि सिंगाजी थर्मल पावर दोगालिया में विश्वकर्मा जयंती मनाई गई इस अवसर पर विश्वकर्मा भगवान का ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकालकर पूजन किया गया आज के दिन मजदूरों के लिए अवकाश रखा गया था

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वयं असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले चालीस करोड़ श्रमिकों को लेकर चिंतित हैं श्री गंगवार ने कहा कि केन्द्र सरकार ने श्रमिकों के जीवनस्तर सुधारने की दिशा में कार्यस्थल संरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए कई कदम उठाये हैं उन्होंने कहा कि मंत्रालय प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत रोजगार के अवसर बढ़ाने का प्रयास कर रहा है खेल प्रस्कार विश्व चैंपियन भारोत्तोलक मीराबाई चानू के प्रशिक्षक विजय शर्मा की द्रोणाचार्य पुरस्कार और जाने माने क्रिकेट प्रशिक्षक तारक सिन्हा के नाम की सिफारिश ध्यानचंद प्रस्कार के लिए की गई है ये सिफारिशें आज नयी दिल्ली में इन पुरस्कारों के चयन के लिए गठित समिति की सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति मुकुल मुद्गल की अध्यक्षता में हुई बैठक में की गईं मुक्केबाजी कोच सी ए कृष्टप्पाक और टेबल टेनिस प्रशिक्षक श्रीनिवास राव की भी द्रोणाचार्य पुरस्कार और हॉकी प्रशिक्षक क्लेयरेंसो लोबो और जूडो प्रशिक्षक जीवन सिंह की द्रोणाचार्य आजीवन प्रस्कार के लिए अनुशंसा की गई है समिति ने ध्यानचंद पुरस्कार के लिए हॉकी में भारतीय छेत्री तीरंदाजी में सत्यर्देव प्रसाद और कुश्ती में दादू चौगुले के नाम की भी सिफारिश की है

इसके तहत महिलाओं ने कोदो कुटकी की बर्फी बनाकर आंगनबाड़ी केन्द्रों में सप्लाई का काम शुरू किया